कई अन्य जिलों से भी मौत की खबरें

और सत्रहवीं लोकसभा का पहला सत्र आज से हो रहा है शुरू

मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान एसकेएमसीएच और केजरीवाल अस्पताल में अठारह बच्चों की मौत हो गयी वहीं कल सैंतीस नये बच्चों को दोनों अस्पतालों में भर्ती कराया गया है दूसरी तरफ वैशाली सारण और बेगूसराय में भी इंसेफ्लाईटिस के नये संदिग्ध मामले सामने आये हैं हाजीपुर में दो और सारण तथा बेगूसराय में एक एक बच्चों की मौत की खबर है इधर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्धन के निर्देश के बाद देर रात से एसकेएमसीएच में सत्रह बेड वाला स्पेशल आईसीयू काम करने लगा है वहीं बाहर से विशेषज्ञ डॉक्टरों का एक दल भी पहुंचा है जो बच्चों के इलाज में जुट गया है लू की चपेट में आने से औरंगाबाद गया नवादा और शेखपुरा जिले में अब तक बहत्तर लोगों की मौत हो चुकी है लू लगने से औरंगाबाद में अड़तीस गया में बाईस नवादा में ग्यारह और शेखपुरा में एक व्यक्ति की मौत की खबर है मृतकों में अधिकांश साठ वर्ष से अधिक उम्र के लोग शामिल हैं यह संख्या और बढ़ने की आशंका है क्योकि कई मरीजों का इलाज चल रहा है हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि गया नवादा और औरंगाबाद के विभिन्न अस्पतालों में तीन सौ से अधिक मरीज भर्ती है नये मरीजों के आने का सिलसिला भी जारी है इधर पटना रोहतास बक्सर भागलपुर नालंदा खगड़िया मुजफ्फरपुर सीवान लखीसराय कटिहार जमुई जहानाबाद मुंगेर और दरभंगा से भी लू की चपेट में आने से मौत की खबरें आ रही हैं हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है इस बीच सरकार ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को भीषण गर्मी के मद्देनजर पेयजल की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है सरकार ने अपने निर्देश में कहा है कि हाट बाजार और सूखाग्रस्त इलाकों में वाटर टैंकर की संख्या और अधिक बढ़ाई जाये साथ ही लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सभी कार्यपालक अभियंताओं को किसी भी कर्मी को छुट्टी नहीं देने का भी निर्देश दिया गया है मौसम विभाग ने पटना गया औरंगाबाद नालंदा मुजफ्फरपुर सारण और पूर्वी चम्पारण जिले में आज भी लू चलने का अलर्ट जारी किया है आज भी दक्षिण बिहार के अधिकांश जगहों का अधिकतम तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने की आशंका जतायी गयी है विभाग ने कहा है कि कल से मौसम के रूख में परिवर्तन आयेगा स्थानीय मौसम दशाओं से प्रदेश के कुछ जगहों पर बारिश होने की सम्भावना है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वरिष्ठ वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया कि उत्तरी बिहार में आज कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है अररिया किशनगंज और पूर्णियां के कुछ भागों में अगले दो घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश की सम्भावना है वहीं लू से प्रभावित जिलों में कल से मौसम के रूख में परिवर्तन आयेगा राज्य सरकार ने पेड़ों की कटाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है यह रोक सभी सरकारी योजनाओं पर भी प्रभावी होगी पूर्व में पेड़ काटने की दी गयी अनुमति को भी निरस्त कर दिया गया है मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में विभिन्न विभागीय अधिकारियों की बैठक में यह निर्देश दिया गया नये निर्देश में कहा गया है कि सड़क निर्माण के समय किनारे के पेड़ों को नहीं काटा जाय साथ ही पेड़ों की जड़ में कंक्रीट नहीं डाली जाये पेड़ों को बचाते हये परियोजना का निर्धारण हो और पेड़ काटने की जगह उन्हें दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाये कोलकाता में एक डॉक्टर पर हुये जानलेवा हमले के विरोध में भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए के आहवान पर देशभर के डॉक्टर आज हड़ताल पर चले गये हैं आपातकालीन सेवाओं को हड़ताल से अलग रखा गया है अस्पतालों में भर्ती मरीजों के इलाज के प्रक्रिया भी जारी रहेगी आईएमए ने हड़ताल के लिए जारी निर्देशों में कहा है कि बिहार में इंसेफ्लाईटिस से पीड़ित बच्चों और लू लगने के कारण आपात कक्ष में भर्ती होने वाले मरीजों का इलाज बाधित नहीं किया जायेगा सत्रहवीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा राज्यसभा ब्रहस्पतिवार से बैठेगी संसद का यह सत्र अगले महीने की छब्बीस तारीख तक चलेगा इस सत्र में नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा इसी सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव तथा केन्द्रीय बजट से संबंधित वित्तीय कामकाज होगा

लोक सभा अध्यक्ष का चुनाव बुधवार को जबकि राष्ट्रपति गुरूवार को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे वहीं पांच जुलाई को बजट पेश किया जाएगा

इनमें से कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों को पुनरू संसद के पटल पर रखा जाएगा इसके अलावा सत्र के दौरान संसद में तीन तलाक विधेयक के अलावा केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक कैडर आरक्षण विधेयक और आधार अधिनियम से संबंधित विधेयक पेश किए जाएंगे दीपेन्द्र कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील की है सर्वदलीय बैठक में श्री मोदी ने कहा कि सरकार राजनीतिक पार्टियों द्वारा उठाये गये मुद्दों का हमेशा सम्मान करती है और संसद में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर विचार के लिए तैयार है बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर सभी पार्टियों के अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे उन्होंने बताया कि ये बैठक उन्नीस तारीख को बुलायी गयी है इसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के साथ साथ संसद में अच्छा माहौल बनाने तथा महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती पर मुख्य रूप से चर्चा होगी राज्य सरकार किसानों के खराब हो चुके पॉली हाउस की मरम्मत पर अनुदान देगी कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि इस योजना के लिए बीस जिलों का चयन किया गया है उन्होंने बताया कि योजना के तहत एक हजार वर्ग मीटर वाले पुराने पॉली हाउस पर तीन सौ तैंतालीस रूपये प्रति वर्ग मीटर खर्च का आकलन किया गया है सरकार इस पर पचास प्रतिशत तक अनुदान देगी झारखंड के सरायकेला खरसांवा में नक्सली हमले में शहीद हुये एएसआई गोवर्द्वन पासवान का भोजपुर जिले के सलेमपुर गंगा घाट पर पूर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया इससे पूर्व उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव भोजपुर जिले के बाधीपाकड़ लाया गया जहां लोगों ने नम आंखों से शहीद जवान को विदाई दी इधर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कल पटना में आयोजित समारोह में सीआरपीएफ के अठारह शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित किया प्रत्येक शहीद परिवार को तीन लाख अस्सी हजार रूपये का चेक और शॉल देकर सम्मानित किया गया भागलपुर के पुलिस उप महानिरीक्षक ने जिले के नवगछिया के थानाध्यक्ष लाल बहादुर को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया कटिहार जिले के कूर्सेला थाना क्षेत्र अन्तर्गत उलटा पूल के पास अपराधियों ने एक व्यवसायी से हथियार के बल पर आठ लाख रूपये लूट लिये अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश में लू से हुयी मौत केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्वन के मुजफ्फरपुर दौरे और विश्व कप क्रिकेट में भारत की पाकिस्तान पर जीत से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने लिखा है लू से दूसरे दिन भी एक सौ सत्ताईस लोगों की मौत दैनिक जागरण की सुर्खी है मुजफ्फरपुर में बनेगा उच्च स्तरीय एईएस रिसर्च सेंटर दैनिक भास्कर ने लिखा है आसमान से बरस रही आफत प्रदेश के कई जिलों में पारा चालीस पार पटना में पैंतालीस डिग्री प्रभात खबर की सुर्खी है चमकी बुखार से तेईस और बच्चों की मौत दो ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सामने तोड़ा दम आज लिखता है आईएमए की राष्ट्रव्यापी हड़ताल आज राष्ट्रीय सहारा ने विश्व कप क्रिकेट में भारत की जीत से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुये लिखा है भारत ने पाकिस्तान को बारिश से बाधित मैच में नवासी रन से रौंदा और अब अंत में मुख्य समाचार इंसेफ्लाईटिस से मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर पचानवे हुई

कई अन्य जिलों से भी मौत की खबरें

और सत्रहवीं लोकसभा का पहला सत्र आज से हो रहा है शुरू